खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने हमीरपूर जिले के नादौन कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने सोलन जिले में अर्की के हाटकोट ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कुल्लु के गड़सा में जन समस्याएं सुनीं इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने चंबा जिला के डलहौजी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने घ्मारवीं के करलोटी उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने सिरमौर के शिलाई पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कांगड़ा जिला के जंयसिंहपुर और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने सुंदरनगर में कार्यक्रम की अध्यक्षता की शिमला जिला के नेरवा में जनमंच कार्यक्रम के संयोजक नरेन्द्र बरागटा ने जनसमस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने ऊना जिले में स्वां नदी पर प्रदेश के सबसे लम्बे पूल का आज लोकार्पण किया

इससे पहले बीटन में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत किया जाएगा जयराम ठाकुर ने नशीली दवाओं के दुरूपयोग को समाज के लिए एक प्रमुख चुनौती बताया और कहा कि इस समस्या पर अंकृश लगाने के लिए सामूहिक प्रयास ज़रूरी हैं इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाक़र ने युवाओं से नशे जैसी बुराई से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने का आग्रह किया

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनका विकास करना हमारा कर्तव्य है करनाल स्थित नीलोखेड़ी गुरूकुल में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि गुरूकुल में शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारयुक्त शिक्षा भी दी जाती है आचार्य देवव्रत ने कहा कि वर्तमान में गुरूकुल शिक्षा पद्यति की समाज को ज़रूरत है जहां भारतीय परम्परा को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाता है उन्होंने गुरूकुल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि बच्चों का सर्वागीण विकास अध्यापकों और अभिभावकों का नैतिक दायित्व है नाहन में जिलास्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है बल्कि उन्हें सही अवसर देकर निखारने की जुरूरत है इस बीच नाहन सब्जी मण्डी की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधि मण्डल ने विधानसभा अध्यक्ष से भेंट की इस दौरान बिंदल ने सब्जी मण्डी की सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आश्वासन दिया वीरेन्द्र कंवर ग्रहिणी सुविधा योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बिलासपुर जिले की दयोथ पंचायत में पात्र महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए इस दौरान क्षेत्र में एक मेले के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि प्राचीन लोक संस्कृति को सहेजने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार व्यापक कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि मेलों के माध्यम से आपसी भाईचारे संस्कृति और व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है अग्निशमन चम्बा ज़िले के सलूणी में अग्निशमन पोस्ट का स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सलूणी दूरदराज क्षेत्र है और इस पोस्ट के खुलने से इलाके में आगजनी की घटनाओं को काबू करने में मदद मिलेगी विपिन परमार ने कहा कि राज्य सरकार अन्य छोटे छोटे कस्बों में भी इस तरह की अग्निशमन पोस्ट खोलने के लिए प्रयासरत है मौसम प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात व अन्य भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है

मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ रहने की संभावना जताई है